प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक ही सब कुछ नहीं हैं इसलिए विद्यार्थियों को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए

बाइट आज दुनिया बहुत बदल चुकी है संभावनायें बहुत बढ़ गई हैं सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है उसी प्रकार से कोई एक एक्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है वो एक पड़ाव है सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए जिस दिन मां बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो भई कुछ नहीं ये जो मूड बना देते हो मेहरबान करके ऐसा मत करो परीक्षा पे चर्चा के तीसरे संस्करण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के सूदपयोग के लिए टैक्नोलॉजी को नियंत्रित रखना चाहिए बाइट प्राण तत्वों को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहुत सुस्त हो जाएगी और इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग भी होना चाहिए लेकिन हम टेक्नोलांजी के गुलाम नहीं होने चाहिए लेकिन टेक्नोलांजी हर पल बदलती जा रही है आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है हर नई टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी रूचि होनी चाहिए जानना चाहिए समय निकाल करके ओरों को प्रछना चाहिए क्या नई टेक्नोलांजी आई है इसकी भी रूचि विद्यार्थी काल में हममें डेवलप होनी चाहिए इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य कारणों से भी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रॉबोट की तरह हो जाता है उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नई चीजें सीखने का केवल एक तरीका है और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए बाइट एक्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए डरना ही नहीं चाहिए खुद को कसते रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे दूसरी बार करेंगे ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए और विद्यार्थी काल का विषय नहीं है

विद्यार्थी ऐसा नहीं है जीवनभर भीतर के विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए जिंदगी जीने का यहीं उत्तम मार्ग है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थाई विफलता का यह मतलब नहीं है कि सफलता आपका इंतजार नहीं कर रही है वास्त्व में विफलता का सोधा मतलब है कि आपका सबसे अच्छा योगदान आना अभी बाकी है एक सवाल के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि विफलता में भी सफलता का रास्ता ढूंढा जा सकता है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा एग्जाम वॉरियर पुस्तक पढ़ने को कहा जिससे उन्हें सभी सवालों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जीवन्त दृश्य श्रव्य प्रसारण प्रदेश में विभिन्न विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा देखा और सुना गया विद्यार्थियों अध्यापकों और अभिभावकों ने इस कार्यक्रम की भारी प्रशंसा की

कार्यक्रम शुरू होने से काफी पहले ही छात्र छात्राएं शिक्षक और अभिभावक यहां आकर बैठ गये थे उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री के भाषण को सुना जनपद के छात्र अभिनव कटारिया और अनुज विष्ट ने दिल्ली जाकर इस कार्यक्रम में भाग लिया मेरठ में छात्रों ने इस कार्यक्रम की काफी सराहना को है एक छात्रा अलीबा सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों को जो परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिये गये हैं वे निश्चित ही कारगर सिद्ध होंगे वाराणसी में बीएचयू स्थित केन्द्रीय विद्यालय में इस जीवन्त प्रसारण कार्यक्रम को छात्रों ने बड़ी तल्लीनता से देखा और सुना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को आज सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया

इससे पहले नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष पद के लिये नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई

हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जेपी नड्डा को पिछले वर्ष जुलाई में पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था वे लम्बे समय तक भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वे कैबिनेट मंत्री थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जेपी नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि श्री नड्डा एक समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता है जिन्होंने वर्षो तक पाटी को मजबत बनाने के लिय जमीनी स्तर पर काम किया उनका मधुर स्वभाव सर्वविदित है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

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे

इस रैली की तैयारियों को लेकर विगत कई दिनों से पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के अधिकारी और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आम लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें रैली में आने के लिये आमंत्रित कर रहे हैं भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लगातार जन सम्पर्क अभियान चला रही है इस क्रम में वाराणसी और गोरखपुर में पार्टी के बड़े नेताओं ने रैलियां की है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने आकाशवाणी को बताया कि रैली को लेकर लोगों में उत्साह है और नागरिकता संशोधन कानून से लखनऊ में लगभग एक हजार के करीब शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की आस जगी है

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य इन उद्यमों को अधिक कुशल और सक्षम बनाना है निर्भया दुष्कर्म वारंट जारी उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली निर्भया सामूहिक दूष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड पाये दोषी पवन गुप्ता की याचिका आज खारिज कर दी दिल्ली उच्च न्यायालय ने पवन गुप्ता द्वारा अपराध के समय किशोर होने के उसके दावे को खारिज कर दिया था न्यायमूर्ति आरभानुमती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है